बाद में मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि पुल के बनने से जिले के सराज व द्रंग क्षेत्र के बीच आवाजाही की बेहतर सुविधा लोगों को मिलेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश का ये पहला केबल आधारित पुल होगा जिसका कार्य दो वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा

उन्होंने प्राथमिक विद्यालय कुकलाह का दर्जा बढाकर इसे माध्यमिक विद्यालय बनाने की घोषणा भी की इस मौके सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में विकास को गति मिली है ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा विधायकगण और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके मौजूद रहे इधर राजधानी शिमला में कार्टरोड़ से मालरोड़ तक जोड़ने वाली लिफ्ट का आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकार्पण किया महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी जिले के धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र में आज विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए

बाद मं महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बंजाल गावं में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र महिलाओं को रसोई गैस कनैक्शन वितरित किए इस मौके पर एक जनसभा में सिंचाई मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं

कृषि विभाग और आत्मा परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में कुल्लू में आयोजित किसान मेले में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने ये जानकारी दी

मारकंडा ने कहा कि इन सभी मंडियों के लिए विश्व बैंक के माध्यम से बजट प्रावधान किया जा रहा है कृषि मंत्री ने कहा कि कुल्लू जिले की सभी सब्जी मंडियों को आधनिक सुविधाओं से जोड़ने के प्रयास जारी है इस मौके पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने विचार व्यक्त किए झण्डा दिवस आज सशस्त्र बल झंडा दिवस है

इस उपलक्ष्य में प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और उन्हें झंडा लगाया आचार्य देवव्रत ने बताया कि सशस्त्र बल हमेशा हमारे राष्ट्र के गौरव रहेंगे और सैनिकों के साहस शौर्य व सर्वोच्च बलिदान का सभी सम्मान करते हैं उन्होंने शहीदों और सैनिकों को सम्मान देने के लिए लोगों से उदारता पूर्वक योगदान देने की अपील की इस बीच राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशक ब्रिगेडियर एसकेवर्मा ने शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र को भी झण्डा लगाया उन्होंने इसके लिए अंशदान भी किया और कहा कि कठिन परिस्थतियों में बहादुर जवानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा की है जयराम ठाकुर ने लोगों से इसमें उदारतापूर्वक योगदान का आग्रह किया

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में ये जानकारी दी उन्होंने मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों और भाजपा विधायकों से इस बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह किया है धुमल शिक्षा का उददेश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और योग्यता विकसित कर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगिण विकास करना होना चाहिए हमीरपुर जिले के ग्रयोह स्थित एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ये विचार व्यक्त किए उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने का आहवान किया धूमल ने विभिन्न गतिविधियों के अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया